उच्चतम न्यायालय ने विवाहेतर संबंधों को अपराध मानने संबंधी दंड व्यवस्था समाप्त कर दी है

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहेतर संबंध सामाजिक द्रष्टि से गलत और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आते

न्यायालय ने कहा कि इस धारा से महिलाओं के समानता के अधिकार और समान अवसर देने के अधिकार का उल्लंघन होता है पांचों न्यायाधीशों ने सर्व सम्मति से यह निर्णय दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी को प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार यूएन चम्पियन्स ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित करने को घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन ने घोषणा की है कि श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रां को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए यह पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि फैसले स यह सिद्ध हो गया है कि आधार सरकार के लिए निगरानी रखने का साधन नहों है क्यो कि इसके लिए उपलब्ध कराई गई बहत कम जानकारी का उपयोग करके व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी पाना संभव नहीं है प्राधिकरण ने कहा है कि आधार का दुरूपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अजय भूषण पांडे ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आधार को और मजबूती मिली है

प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास पर श्री शास्त्री और उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री शास्त्री का जीवन देश और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है उन्होंने कहा कि श्री शास्त्री ने देश को गौरवशाली नेतृत्व दिया था इस अवसर पर श्री शास्त्री के पुत्र पूर्व सांसद सुनील शास्त्री प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे पूर्व प्रधानमंत्री के रामनगर स्थित आवास को संग्रहालय के रूप में तब्दील किया गया है जहां पर उनकी कई दुलभ वस्तए और तस्वीरें सजो कर रखी गई है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

उद्योग जगत की जानी मानी कम्पनियां वॉलमार्ट इंटरनेशनल और फ्लिपकाट ने प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई है वॉलमार्ट इंटरनेशनल की सीईओ सुश्री जूडिथ मक्केना और पिलपकाट ग्रुप के सीईओ बिन्नी बंसल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर राज्य में बदले हुए निवेश तथा सरकार की नीतियों में विश्वास जताते हुए राज्य में अपने कारोबार की इच्छा जताई

उन्होंने कहा कि बाईस करोड़ की आबादी वाला यह राज्य एक विशाल बाजार है

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट की आपूर्ति सुचारु है और इसे लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है एक बयान में आयोग ने कहा है कि वह भविष्य में होने वाले आम चनावों तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर शत प्रतिशत वीवीपैट मशीनें लगाने के लिए प्रतिबद्व है

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनिवार्य नकदी आवश्यकता संबंधी नियम उदार बना दिए हैं ताकि अर्थ व्यवस्था में ज्यादा नकदी उपलब्ध हो सके

रिजर्व बैंक ने पहली अक्टूबर से यह व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की

नई दरें आधो रात से लागू हो गई हैं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ रहे चालू खाता घाटा और पूंजी बाहर जाने से रोकने के सरकार के पांच सूत्री उपायों के तहत यह कदम उठाया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने विमान ईंधन पर भी पांच प्रतिशत आयात शुल्क की घोषणा की है इससे पहले इस पर कोई आयात शुल्क नहीं था